इसी योजना के कारण हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य सहित देश के सभी राज्यों के गांवों में आधुनिक सड़के पहुंच गई है अनुराग ठाकुर आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड की गई नादौन अमतर सड़क के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे

अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद का प्रयास कर उन्हें राहत दे रही है परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के खरौटा निवासी गुरूदेव सिंह के परिजनों को प्रदेश सरकार के राहत मैनुअल के तहत चार लाख रूपये की राहत राशि के चैक भेंट करने के मौके पर बोल रहे थे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए सामाजिक सुरक्षा पैंशन का अभूतपूर्व विस्तार किया है

कांग्रेस की पूनम ग्रोवर सोलन नगर निगम की पहली महापौर बनी है जबकि राजीव कौड़ा को उपमहापौर चुना गया है महापौर और उपमहापौर का चुनाव मतविभाजन के माध्यम से हुआ

एक मात्र निर्दलीय पार्षद ने भी भाजपा का साथ दिया लेकिन भाजपा जीत के आंकड़े तक नही पहुंच पाई

इस मौके पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नगर निगम सोलन में जनादेश की जीत हुई है और धनबल को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है विमोचन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज साहित्य कार शिव सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक हिमाचल प्रदेश के पांच सपूत पुस्तक का विमोचन किया ये पुस्तक पूर्व मुख्यमंत्रियों के राज्य के विकास में दिये गये योगदान पर केंद्रित है राज्यपाल ने शिव सिंह चौहान के लेखन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि लेखक ने सरकार के साथ काम करते हुए अपने अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से पाठकों तक लाया है उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अपने अतीत के दौर को भी समझें हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि लगातार जारी है

डीसी सिरमौर सिरमौर के उपायुक्त आर के परूथी ने ज़िले के लोगों से अपील की है कि वे पानी की कमी और सुखे जैसे हालात व जंगलों में आग की घटनाओं से निपटने के लिए सजग रहें उन्होंने लोगों से पानी बर्बाद न करने और वक्षारोपण के लिए अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने को भी कहा है परूथी आज जिले में सुखे जैसे हालात और जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे